प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जन भागीदारी का किया आहवान लोकल के लिए वोकल होने का आग्रह दोहराया गिरिडीह में पंद्रह और जामताड़ा में चार कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ राज्य में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा तिहत्तर प्रतिषत से अधिक राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय कई इलाकों में हुई झमाझम बारिष वज्रपात से चार लोगों की मौत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया ने देख लिया है कि जब देश की संप्रभुता और भौगोलिक एकता की रक्षा का प्रश्न आता है तो भारत की प्रतिबद्वता और ताकत सबको नजर आती है उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत मैत्री की भावना का सम्मान करता है लेकिन अपने शत्रओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है

इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि इन वीर सपूतों के बलिदान पर इनके परिवारजनों के गर्व की जो भावना है वही देश की असली ताकत है उन्होंने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब का संकल्प समर्पण और सहयोग बहत जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि जब लोग स्थानीय चीजें खरीदेंगे स्थानीय उत्पादों के लिए जोर देंगे तो देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभायेंगे

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं को विभिन्नं बीमारियों से बचाना होगा उन्होंने सुझाव दिया कि आयुर्वेदिक दवाओं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि और गरम पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखें

उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन हाल के वर्षो में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल अभियान रहा है सरकार ने वंदे भारत मिशन कोविड महामारी के कारण अनेक देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के उद्देश्य से शुरू किया था

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि केन्द्र राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की ओर से महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए किए गए ऐहतिहाती और सक्रिय उपायों के उत्साहवर्द्वक परिणाम सामने आ रहे हैं

इस बीमारी से स्वरस्थ होने की दर बढ़कर अब अंठावन दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गई है

मंत्रालय ने बताया कि इस समय दो लाख से अधिक रोगियों का इलाज चिकित्सा निगरानी में चल रहा है

उन्होंने आज जमषेदपुर के मानगो नगर निगम कार्यालय में शुद्ध पेयजल परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि बहत्तर प्रतिषत से अधिक कोरोना मरीजों का स्वस्थ होना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में बेहतर सुझबूझ का परिचय दिया है श्री गप्ता ने इस दौरान कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल में सात कमरों का उदघाटन भी किया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है

गिरिडीह जिले में आज पंद्रह कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं

जिर्ल के सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की है इधर रामगढ़ जिले में भी पांच कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं इनसब को आज सम्मान पूर्वक उनके घर भेजा गया उधर जामताड़ा जिले में भी आज चार मरीजों ने वैष्विक महामारी कोरोना को मात दी

इन चौबीस मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या सत्रह सौ अड़तालीस हो गई है इसके साथ ही राज्य में रिकवरी दर लगभग चौहत्तर प्रतिषत तक पहंच गई है इस बीच आज राज्य में कोरोना के ग्यारह नये मामलों की पुष्टि भी हुई है इसके साथ ही राज्यभर में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो हजार तीन सौ पचहत्तर तक पहुंच गई है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

इस दौरान उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों को वापस लेने की मांग की इधर प्रदेष कांग्रेस कमिटी की ओर से कल इसी मुददे को लेकर राजभवन के समक्ष प्रदर्षन किया जायेगा पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष और राज्य के वित्तमंत्री डॉक्टर रामेष्वर उरांव इस प्रदर्षन कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड का गुटिगड़ा गांव अब पथलगड़ी की समस्या से उबरने लगा है हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ समय पहले पथलगड़ी के समर्थन में स्थानीय लोगों ने अपने आधार कार्ड और राषन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज सरकार को वापस कर दिये थे लेकिन अब ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की इच्छा जताई है ग्रामीणों की इस पहल का प्रषासन ने स्वागत किया है मुरहू के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप भगत और मुखिया सगा पूर्ति ने सभी ग्रामीणों को एक समारोह में स्वागत किया कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए संताल हुल की एक सौ छियासठवीं सात गिरह पर इस वर्ष दुमका से सिद्ध कान्हू की जन्म स्थली भोगनाडीह के लिए सांस्कृतिक पद यात्रा नहीं निकाली गई इसकी जगह आज सवेरे कोरोना जागरूकता रथ रवाना किया गया जिले की उपायुक्त राजेष्वरी बी और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि यह रथ तीस जून को भोगनाडीह पहुंचकर सामाप्त होगा राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है पिछले चौबीस घंटे के दौरान कई इलाकों में झमाझम बारिष हई इस दौरान वजपात से गिरिडीह में तीन और रांची में एक व्यक्ति की मौत हो गई मौसम विभाग र्न अगले चार दिनों तक राज्य के अधिकांष इलाकों में बारिष होने की संभावना व्यक्त की है इस दौरान आकाषीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है पलामू जिले के छतरपूर थाना क्षेत्र में आज हए एक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई रिष्ते में दोनो पिता पुत्र थे

ग्रमीण होइवा की स्पीड लिमिट तय करने की मांग कर रहे थे बाद में प्रषासनिक अधिकारियों के आष्वासन के बाद जाम हटा लिया गया

श्री गुप्ता पर लाखों रुपये के गबन का आरोप है

इस दौरान दोनों दिवंगत नेताओं के प्रति श्रद्वांजलि अर्पित की गई

इस दौरान ऑनलाइन सुनवाई के बाद चार मामलों का निष्पादन हुआ